प्रदेश में जारी ट्रक ट्रांसपोर्टर हड़ताल समाप्त राज्य सरकार ने दो प्रमुख मांगों को माना

प्रधानमंत्री ने नवरात्र अनुष्ठान की मूल भावना के अनुरूप महिलाओ के सशक्तिकरण और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने पर बल दिया श्री मोदी ने लोगों से विभिन्न उपलब्धियां हासिल करने वाली या दसरों को प्रेरणा देने वाली बेटियों का इस वर्ष दीवाली में सम्मान करने को कहा प्रधानमंत्री ने कल वायुसेना दिवस पर भारतीय वायु सैनिकों के शौर्य साहस और पराक्रम की सराहना की उन्होंने कहा कि विजयादशमी पर भगवान राम और हनुमान के प्रति श्रद्वा व्यक्त करते हुए हमें वायुसेना के स्थापना दिवस का भी स्मरण करना चाहिए प्रधानमंत्री ने विशेष पूजा आयोजन में भाग लिया और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक रूप में रावण के पुतले का दहन किया लोगों को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूमि समाज को जोड़ने वाले पर्व और उत्सवों की भूमि है राफेल भारत को फ्रांस से पहला राफेल लड़ाकू विमान भिल गया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल फ्रांस को मेरीनेक में दसां एविऐशन की उत्पादन इकाई में एक समारोह में इसे ग्रहण किया श्री सिंह ने इस अवसर पर शस्त्र पूजा की और राफेल में उड़ान भरी इस अवसर पर रक्षामंत्री ने कहा कि यह समारोह भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है उन्होंने कहा कि यह भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी का प्रतीक है श्री सिंह ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी में एक नया अध्याय जूड़ गया है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग नई ऊंचाई तक पहुंच गया है उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन दो महत्वपूर्ण और बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा ये विश्व की शांति समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते रहेंगे राज्यपाल अध्यादेश राज्यपाल लालजी टंडन ने मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमल नाथ के साथ हई चर्चा के बाद अध्यादेश के संबंध में दिये गये विवरण से संतृष्ट होकर अध्यादेश अनुमोदित करने का निर्णय लिया श्री टंडन ने स्पष्ट किया है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं के निर्वहन और संवैधानिक मर्यादाओं के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित विषय पर विचारों को व्यक्त करने में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया जाए अध्यादेश के लागू होने के बाद प्रदेश में अब नगरीय निकायों में पार्षद महापौर और अध्यक्षों को चूनेंगे जावडेकर केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शिक्षण संस्थोनों कारखानों और व्यनवसायिक परिसरों में पौधे लगाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पर्यावरण के लिए यह एक बड़ा योगदान होगा कल जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में पौधा लगाने के बाद उन्होंने कहा कि पौधे लगाना ऑक्सीजन बैंक का निर्माण करने के समान है

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ हुई ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद संगठन ने तत्काल हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की बताया जा रहा है कि सरकार ने एसोसिएशन की दो प्रमुख मांगो को मान लिया है

दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व कल प्रदेश में भी पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर राजधानी भोपाल में टीटीनगर कोलार छोला करोंद सहित कई स्थानों पर दशानन कुंभकर्ण और मेघनाथ के पृतलों का दहन किया गया गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में श्रममंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया शामिल हुए अनूपपुर जिले में विजयादशमी का पर्व ध्रमधाम से मनाया गया अशोकनगर नीमच उमरिया खंडवा छतरपुर ग्वालियर नरसिंहपुर होशंगाबाद सहित विभिन्न जिलों से विजयादशमी पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने के समाचार मिले हैं

अनूपपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे एक ट्रैक्टर की ऑटो से भिड़ंत हो गई

वहीं खरगोन के बडवाह में चोरल नदी में मूर्ति विसर्जन करने गये दो युवकों की पानी में डुबने से मौत हो गई मिंड में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो भाई सिंध नदी में बह गये इनमें से एक को बचा लिया गया

हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल दोपहर गांव के सात बच्चे नहाने के लिये पास ही बने छोटे तालाब पर गये थे नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से पांचों बच्चों की मौत हो गई मृतकों में दो बच्चे सगे भाई थे

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस हादसे पर दःख जताते हए उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिये हैं

उधर रीवा जिले के शाहपुर में ट्रक की टक्कर से जीप में सवार पांच लोगों की मौत हो गई महिला कि केट भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज वडोदरा भें खेला जाएगा मैच सुबह नौ बजे से शरू होगा भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना कल पैर में चोट लगने के कारण इस मैच मेँ नही खेल पाएंगीं उनकी जगह पूजा वस्त्राकर को शामिले किया गया है भारत ने हाल में दक्षिण अफ्रीका के साथ सूरत में छह टवेंटी टवेंटी मैचों की श्रंखला तीन एक से जीती है दूसरा और तीसरा मैच बारिश के कारण नहीं खेला जा सका था मुक्केबाजी रूस के उलान उदे में आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में भारतीय मुक्केबाज स्वीटी बूरा को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल हार का सामना करना पड़ा

अब गुरूवार को मेरी कॉम का सामना कोलंबिया की लोरेना विक्टोंरिया वेलेंसिया से होगा कुछ समाचार संक्षेप में झाबुआ में होने वाले उप चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है

पन्ना में पुलिस ने इनामी डकैत पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है